मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पथ और भवन निर्माण विभाग की समीक्षा की सड़क निर्माण कार्यों में तेजी लाने का दिया निर्देश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

मास्क पहनें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 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है उन्होंने कहा कि सरकार ने न सिर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्वि की बल्कि अधिक मात्रा में किसानों से उनकी उपज खरीदी है उन्होंने कहा कि इसका सबसे बड़ा लाभ ये हुआ है कि किसानों के खाते में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा पैसा पहुंचा है ये इस बात का सबूत है कि ये सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य समय समय पर बढ़ाने को कितनी तवज्जो देती है कितनी गंभीरता से लेती है प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश सरकार के किसान कल्याण कार्यक्रम को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे

किसानों की सहायता के लिए उनके खाते में बड़ी राशि अंतरित की गई है श्री मोदी ने कहा कि देश के किसान किसानों संगठन कृषि विशेषज्ञ कृषि अर्थशास्त्री कृषि वैज्ञानिक और प्रगतिशील किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते रहे हैं उन्होंने कहा कि ये कृषि सुधार कानून रातों रात नहीं आए

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि राज्य में सड़क निर्माण योजनाओं को ससमय पूरा करने का कार्य करें जिस क्षेत्र में अच्छी सड़के बनती हैं उस क्षेत्र का विकास तेजी से होता है आवागमन की सुविधा के साथ साथ यह आर्थिक विकास का मार्ग खोलता है क्षेत्र विशेष की जरूरत के अनुसार सड़कों का निर्माण कार्य कराएं मुख्यमंत्री आज पथ निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को दिषा निर्देष दे रहे थे उन्होंने विभागीय अधिकारियों को सड़कों के बेहतर रखरखाव करने का भी निर्देश दिया मुख्यमंत्री ने विभागीय पदाधिकारियों से कहा कि वैसी सभी सड़कें जिसका कार्य प्रगति पर है उन सड़कों का प्रतिदिन वास्तविक रिपोर्ट प्राप्त करने के निमित्त मैकेनिज्म तैयार करें मुख्यमंत्री ने विभागीय पदाधिकारियों से कहा कि अक्सर यह देखने को मिलता है कि सड़क और उस पर बनने वाले ब्रिज का टेंडर अलग अलग होता है अलग अलग टेंडर होने से निर्माण कार्य में देरी के साथ साथ बाधाएं उत्पन्न होती हैं उन्होंने कहा कि ब्रिज रोड का ही हिस्सा होता है इसलिए ऐसी कार्य योजना तैयार करें जिसमें रोड और ब्रिज के टेंडर अलग अलग न हो झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर संतानबे दशमलव छह पांच प्रतिशत पहुंच गई राज्यभर में अब तक एक लाख नौ हजार से भी अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं वहीं राज्यभर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान दो सौ ग्यारह नए कोरोना संक्रमित मिले हैं इसी के साथ राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख बारह हजार तीन सौ बतीस पहुंच गई है वहीं दूसरी ओर पिछले चौबीस घंटे के दौरान एक सौ चौंसठ लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छट्टी दे दी गई राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार छह सौ उनतीस हो गई है पाक्ड जिले के सुदूरवर्ती गांवों में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके परिवार को समुद्ध बनाने में ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यक्रम मिल का पत्थर साबित हो रहा है

स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की पुण्यतिथि के अवसर पर सिल्ली के स्टेडियम में बिनोद बिहारी की आदमकद प्रतिमा का भी अनावरण किया गया कार्यक्रम में रांची के सांसद संजय सेठ गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी गोमिया विधायक लंबोदर महतो और सिल्ली विधायक सुदेश महतो उपस्थित थे इस मौके पर कोरोना काल में लगातार सेवाएं दे रहे डॉक्टर नर्स समेत अन्य कोरोना वारियर्स को संस्था की ओर से सम्मानित किया गया जबकि एक ब्लड बैंक का भी उदघाटन किया गया

इस दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन की क्छ र्बोगियां पूरी तरह से पलट गयी हादसे के कारण एनटीपीसी को ललमटिया खदान से कोयले की आपूर्ति बाधित हो गयी है राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में आज झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हई न्यायमूर्ति अपरेष क्मार सिंह की अदालत में राज्य सरकार की ओर से जेल अधीक्षक की ओर से दी गयी रिपोर्ट सौंपी गयी

वाणिज्य कर विभाग और चेंबर ऑफ कॉमर्स रामगढ़ के तत्वावधान में आज रामगढ़ चेंबर भवन में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ इस कार्यशाला में पेशा कर से संबंधित जानकारी साझा की गई इस एक दिवसीय कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रुप में पहंचे राज्य कर उपायुक्त ब्रजनंदन ठाक्र ने व्यवसायियों को इस टैक्स के आसान होने की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और झारखंड के नवनियुक्त पार्टी प्रभारी दिलीप सैकिया ने कहा है कि सभी पार्टी नेताओं कार्यकर्त्ताओं से परामर्श कर संघर्ष का रोडमैप तैयार करेंगे प्रभारी बनने के बाद पहली बार तीन दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे श्री सैकिया पार्टी के विधायकों पदाधिकारियों वरिष्ठ नेताओं कार्यकतर्ताओं के साथ अलग अलग सीधा संवाद करेंगे और संगठन की मजबूती पर चर्चा करेंगे

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी हजारीबाग प्रमंडल की टीम ने चतरा जिला के लावालौंग प्रखंड के रोजगार सेवक सरफराज अंसारी को चालीस हजार रुपये घूस लेते हुए आज रंगे हाथ गिरफ्तार किया आरोपी रोजगार सेवक की गिरफ्तारी लावालौंग चौक से की गई एसीबी के पुलिस उपाधीक्षक विजय शंकर के नेतृत्व में रोजगार सेवक सरफराज अंसारी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया बताया गया है कि गिरफतार रोजगार सेवक द्वारा डोभा निर्माण के एवज में पच्चीस हजार और कृप निर्माण के एवज में बीस हजार रुपये की घूस मांगी गई थी इस मामले में एसीबी ने मामले की छानबीन षूरू की तो शिकायतकर्त्ता के आरोप को सही पाया गया जिसके बाद उसे घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया

कोरोना संक्रमण काल में दस महीने के बाद एथलीट खिलाड़ियों ने ट्रैक पर दौड़ लगायी

इसके साथ ही पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय तस्कर समेत ड्रग्स के तीन सौदागरों को भी गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की

यह ट्रेन सप्ताह में तीन दिन बुधवार गुरुवार और शनिवार को रांची से सुबह सात बजे खुलेगी और दोपहर तीन बजकर दस मिनट पर हावड़ा पहुंचेगी